इसमें महामारी से निपटने की तैयारियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समान लाभ नवाचारों के डिजिटीकरण को प्रोत्साहन सफल नवाचार के लिए समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भागीदारी जैसे विषयों पर विचार विमर्श होगा

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने एहतियात के तौर पर आगामी तीन दिनों तक होम क्वारंटीन रहने का निर्णय लिया है

ये बात आज उन्होंने किलाड़ में मुख्यमंत्री लोक भवन की आधारशिला रखने के बाद कही वीरेंद्र कंवर ने किसानों से खेती के नए तरीके अपनाते हुए जैविक खेती करने का आहवान किया उन्होंने कहा कि पांगी घाटी में मत्सय पालन की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज और विधायक जियालाल कपूर भी मौजूद रहे

वन मंत्री राकेश पठानिया ने आज क्षेत्र के बासाधार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस सब स्टेशन के कार्यरत होते ही क्षेत्र में बिजली की समस्या दूर हो जाएगी

राजेंद्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने अधिकारियों को सभी उचित मूल्य की दुकानों में उपभोक्ताओं को हर माह एक मुश्त राशन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं वे आज मंडी में खाद्य आपूर्ति विभाग और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे राजेंद्र गर्ग ने अधिकारियों को राशन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समय समय पर इसका निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कृषि बिल के विरोध में किसान अन्न दाता संवाद अभियान की शुरूआत आज सिरमौर जिले की पालियों बिक्रमबाग और माजरा पंचायतों से की उन्होंने कहा कि किसान विरोधी फैसलों को सहन नहीं किया जाएगा और घर घर जाकर किसानों से इस संबंध में चर्चा की जाएगी विक्रमादित्य कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग को प्रदेश के लिए वरदान बताया है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि ये टनल पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साबित होगी